उन्होंने कहा कि देश ने क्रांतिकारी बदलावों के लिए वैश्विक महामारी के बीच संरचनात्मक स्धार किए हैं कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को कल वर्च्अल रूप से संबोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के स्धारों के फलस्वरूप कारोबार करना आसान बनाने के मामले में देश की रैंकिंग में महत्वपूर्ण स्धार हआ है

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में छुट देने कर प्रणाली को आसान बनाने और अन्य महत्वपूर्ण बदलावों के जरिए कई सुधार किए गए हैं जिससे भारत में निवेश का सर्वाधिक अन्कूल माहौल बना है

प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत में सबके लिए अवसर मौजूद हैं

लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और उपभोक्ता कार्य खादय और सार्वजनिक वितरण मंत्री पासवान के हृदय का एक निजी अस्पताल में आपरेशन हआ था वे लोकसभा के लिए आठ बार चुने गये थे और उनका हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से कई वर्षो तक सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने का रिकॉर्ड रहा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामबिलास पासवान को श्रद्धांजलि दी केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह रविशंकर प्रसाद प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी दिवंगत नेता के निवास पर जाकर श्रद्वांजलि दी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि दी कांग्रेस नेता राहल गांधी तथा मार्क्सवादी कम्य्निस्ट पार्टी के डी राजा एनसीपी प्रम्ख शरद पवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी दिवंगत नेता के निवास पर जाकर श्रद्वांजलि दी

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार मृतक व्यक्ति लोअर स्बनसिरी जिले के ताजांग विलेज के रहने वाला था और उनका कोविड अस्पताल चिंपू में ईलाज चल रहा था प्रदेश में कोविड के दो सौ तिरासी रोगी स्वस्थ हुए और दो सौ बारह नए मामले आए राज्य में कोरोना के दो हजार सात सौ सतहत्तर सक्रिय मामले है और आठ हजार छह सौ अठहत्तर रोगी स्वस्थ हो चूके है कल दर्ज किए गए कोविड के नए मामलों में से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से इक्यासी वेस्ट सियांग से छब्बीस तिरप से इक्कीस ईस्ट सियांग से तेरह लेपारादा से बारह लोहित और पाप्मपारे से नौ नौ चांगलांग और अपर स्बनसिरी से आठ आठ वेस्ट कामेंग लोअर स्बनसिरी पाक्के केसांग और अपर सियांग से चार चार लोंगडिंग से तीन दिबांग वैली से दो और ईस्ट कामेंग लोअर सियांग और लोअर दिबांग वैली जिले से एक एक मामला दर्ज किया गया

आने वाले त्यौहारों और सर्दियों तथा आर्थिक गतिविधियों की श्रुआत को देखते हुए म्ख्यमंत्री ने राज्य के लोगों से दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन की अपील की

असम के म्ख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से मास्क पहनने हाथ धोने और स्रक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया अभिनेता आदिल हसैन प्रांजल सैकिया निपोन गोस्वामी और म्क्केबाज लवलीना बोरग्हाइन ने लोगों से स्वयं स्रक्षित रहने का आग्रह किया है आकाशवाणी समाचार के माध्यम से दिए गए अपने संदेश में अभिनेता आदिल ह्सैन ने कहा कि लॉकडाउन में ढील दी गई है फिर भी लोगों का स्वास्थ्य मानकों का पालन करना चाहिए